इनमें बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान झारखंड और ओड़िसा राज्य शामिल हैं इस अभियान का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करना है प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पांच अन्य मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में बिहार में खगडिया जिले के तेलिहर गांव से वर्चुअल रूप से इसकी शुरूआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर बल दिया है शिमला में आज सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके

परियोजना के निदेशक राकेश कंवर ने प्राकृतिक खेती की कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी

भोरंज क्षेत्र में शहीद के पैतुक गांव करोहता में आज मुख्यमंत्री ने उनके परिजनों से भेंट कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी जयराम ठाकुर ने शहीद अंकुश ठाकुर को भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ है उन्होंने कहा कि शहीद के नाम पर गांव को जाने वाली सड़क और गेट का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री ने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सुदृढ़ करने का भी ऐलान किया कैबिनेट मंत्री वीरेन्द्र कंवर और गोविंद ठाकुर सहित सांसद रामस्वरूप शर्मा इस मौके मौजूद रहे

योग दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही योग दिवस मनाएं उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है लेकिन योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश वासियों से घर में रहकर ही योग दिवस मनाने का आग्रह किया है प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने सभी लोगों से प्रदेश को स्वस्थ बनाने के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आहवान किया है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ समाज के सभी पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं केलंग में आज पैकेज के तहत अनेक योजनाओं व विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कोरोना के कारण रूके हुए विकास कार्यो में तेजी लाने को कहा

उन्होंने अधिकारियों को ईंधन की लकड़ी में राशन का भी समय रहते भण्डारण करने के निर्देश दिए राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में हिमाचल अन्य राज्यों की तुलना में सफल रहा है